सम्मेलन में मुख्य अतिथि केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जेल सुधार गृह होने चाहिए ना कि प्रताड़ना केन्द्र उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी संवेदनशीलता और कुशलता से जेलों का माहौल परिर्वतित कर सकती हैं दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान जेल प्रशासन में महिला अधिकारियों की भूमिका को लेकर चर्चा होगी इस सम्मेलन का आयोजन मध्यप्रदेश जेल एवं सुधारात्मक सेवायें और पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है सम्मेलन में जेल प्रशासन से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी थे भाजपा मार्च भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदेश में युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में भाजपा विधायकों ने बिड़ला मंदिर से विधानसभा परिसर तक पैदल मार्च किया

किरण रिजिज् केंद्रीय खेल एवं युवक कल्याण मंत्री किरण रिजिज् ने आज कहा कि पर्यटन स्थल खजुराहो में राज्य सरकार के साथ मिलकर गोल्फ कोर्स वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जायेगा वे आज खजुराहो में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आये थे बाद में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि खजुराहो फिल्म फेस्टिवल से ना केवल कलाकारों को बेहतर मंच मिल रहा है साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा उन्होंने कहा की खजुराहो और पर्यटन के संबंध में योजना तैयार की जाएगी इस मौके पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद थे

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस समारोह में आमजन के लिये प्रवेश निशुल्क रहेगा बालरंग महोत्सव में विभिन्न विषय पर प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं जिनमें लघु भारत गौरवमयी भारत समर्थ भारत वैभवशाली भारत की उड़ान शामिल हैं इस मौके पर लोक नृत्य प्रतियोगिताएँ होंगी मौसम प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है

वहीं रायसेन और शिवपुरी जिलों में ठंड को ध्यान में रखते हुये प्रशासन ने सुबह की पाली में लगने वाले स्कूलों के समय में परिर्वतन किया है उमरिया दतिया जिलों में भी ठंड से बचाव के लिये लोगों द्वारा अलाव का सहारा लिया जा रहा है

सतना और सागर जिलों में कोहरे के चलते रेलगाड़ियों के विलंब से पहुंचने की खबर है